श्री कमलनाथ ने आज टिवटर पर सरकार से किए जा रहे सवालों की श्रंखला में बाल अपराधों का मुद्दा उठाया

दिव्यांग निर्वाचन निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान दिव्यांनगजनों की रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं

ऐसे मतदाताओं को मतदान कोन्द्र में प्राथमिकता के साथ प्रवेश दिया जायेगा आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि मतदान वाले दिन दिव्यांगग जनों के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पर्याप्त परिवहन व्यवस्था दी जाये

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज ग्वालियर पहच गई है मुख्यमंत्री जिले के तिकोनिया कंपनी बाग रोड सदर बाजार सहित अन्य स्थानों पर जनसभायें करेंगे वाल्मीकि जयंती प्रदेशभर में वाल्मीकि जयंती पर आज अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है हमारे आगर मालवा संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि समाज ने आज शहर में शोभायात्रा निकाली जो नगर के प्रमुख मार्गों से बैण्ड बाजों के साथ निकाली गई वहीं इन्दौर में अखिल भारतीय वाल्मीकि सनातन धर्म सभा द्वारा शोभायात्रा और कलश यात्रा निकाली जा रही है उज्जैन में सामाजिक समरसता नारी सम्मान और देश की अखण्डता को लेकर आदर्श वाल्मीकि महापंचायत ने वाहन रैली निकाली इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं श्रीमती पटेल ने अपने श्भकामना संदेश में कहा कि उनके द्वारा रचित रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो मर्यादा सत्य प्रेम भ्रातत्व मित्रत्व एवं सेवक के धर्म की सीख देता है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने संदेश में कहा है कि वाल्मीकि जी ने बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण पेश किया है शरद पूर्णिमा आज शरद पूर्णिमा है इस अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल में खीर वितरण के कार्यक्रमो के साथ ही बड़ी झील में भगवान बटेश्वर का नौका विहार का कार्यकम भी रखा गया है इसके पूर्व उनका विशेष श्रंगार किया जायेगा इन्दौर में भी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और खीर वितरण कार्यकम हो रहे हैं खंडवा में संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर आज शरद पुर्णिमा आस्था भक्ति के साथ मनाई जा रही है यहां रातभर हजारों भक्त अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए रतजगा करेंगे वहीं इस अवसर पर आगर मालवा जिले में भी विभिन्न मंदिरों की सजावट की गई है रात बारह बजे भगवान की आरती उतारी जायेगी उसके बाद चंद्रमॉ की धवल चांदनी में रखी गई खीर का वितरण किया जायेगा

निधन आकाशवाणी छतरपुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम हीरालाल का आज बीमारी के चलते निधन हो गया वे सत्तावन वर्ष के थे और लगभग छह माह से कैंसर से जूझ रहे थे